प्रदेश में कल से न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ शुरू हो रहा हैफरवरी में राज्यस्तर पर होगा फाइनल

और आज मानवाधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा लोकतंत्र में मानवाधिकारों की रक्षा करना है सबसे महत्वपूर्ण स्लग बैठक देहरादून मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लगातार बदल रहे समय तकनीक प्रशासनिक और सामाजिक आवश्यकताओं के कारण अधिकारियों कर्मचारियों के निरंतर प्रशिक्षण को जरूरी बताया है उन्होंने कहा कि क्षमता विकास में प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है आज देहरादून में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान रूद्रपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के क्षमता विकास से राज्य के विकास को गति मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बिजनेस मॉडल के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जाने चाहिए संस्थान इस वर्ष राज्य में बीस हजार प्रतिभागियों को नशामुक्ति वृद्धा अवस्था जैसे समाज कल्याण के विषयों पर प्रशिक्षण देगा

संस्थान ने राजकीय विभागों के साथ साथ निजी क्षेत्र के उद्योगों से संपर्क किया है जिन्हें संस्थान में उपलब्ध अत्याध्रनिक अवस्थापना सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अप्रोच किया गया है

फरवरी मध्य में राज्य स्तर पर फाइनल आयोजित किया जाएगा पौड़ी में आयोजन की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी दीप्ति सिंह ने बैठक की उन्होंने युवा कल्याण विभाग सहित शिक्षा खेल और पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों को पंचायत स्तर से आयोजन की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिये मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए उनका अधिक से अधिक पंजीकरण किया जाय

दिसंबर अंत में ब्लॉक स्तर और जनवरी मध्य से जिला स्तर की प्रतियोगिता होगी इसके बाद फरवरी में राज्य स्तरीय फाइनल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी स्लग मौसम आने वाले एक दो दिन में राज्य में ठंड और बढ़ सकती है मौसम विभाग के मुताबिक ग्यारह और बारह दिसंबर को हलकी बारिश होगी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि देहरादून से लगे चकराता और सुरकंडा में भी बर्फबारी हो सकती है

पिछले दो वर्षो में सर्दियों में तापमान अधिक रहा था निदेशक बिक्रम सिंह का कहना है कि इस वर्ष का तापमान सामान्य है जो मौसम के लिहाज से अच्छी खबर है

रैनबसेरों में गरीब लोगों को रात गुजारने के लिए जरूरी प्रबंध किये जा रहे हैं पौड़ी में पुलिस गरीब असहाय और दिव्यांगों को रजाई कंबल भी बांट रही है इसके लिए क्षेत्र में घर घर जाकर सूचनाएं इकट्टी की जा रही हैं जरूरतमंद लोगों या परिवार की पहचान कर उन्हें रजाइयां बांटी जा रही हैं पौड़ी के एसएसपी जेआर जोशी ने बताया कि आज उन्होंने कोटद्वार में करीब पौने चार सौ लोगों को रजाइयां बांटी जनपद के दूसरे हिस्सों में भी ये कार्य किया जाएगा साथ ही दिव्यांगों की सहायता के लिए भी प्रयास किये जाएंगे ठंड के इस मौसम में रजाई मिलने से लाभार्थी सीताराम के चेहरे पर खुशी उभर आई

मौसम विभाग ने राज्य में अगले दो दिनों में ठंड के साथ ही बारिश और बर्फबारी की संभावना जतायी है ऐसे में गरीब तबके को इस तरह की और अधिक मदद की दरकार होगी

उन्होंने मानवाधिकारों के प्रति सजगता से कार्य करना समय की जरूरत बतायी है विश्व मानवाधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वसुधैव कुट्म्बकम की हमारी परम्परा रही है विश्व के वर्तमान परिद्र श्य में मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रहना आज और भी प्रासंगिक हो गया है उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है वहीं मानवाधिकार दिवस पर उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग में सभा हुई जिसमें मानव अधिकार संरक्षण के संबंध में सतत कार्यरत और प्रयत्नशील रहने का संकल्प लिया गया इस अवसर पर विशेष रूप से वादों की सुनवाई की गई

इस सम्मेलन में कुलाधिपति और राज्यपाल श्रीमती मौर्य प्रदेश में विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों की समीक्षा करेंगी श्रीमती मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला यह प्रथम कुलपति सम्मेलन होगा राज्यपाल के सचिव आरके सुधांश् ने बताया कि सम्मेलन में विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के परिणाम और दीक्षांत समारोह की समयबद्धता के साथ साथ दाखिले और नियुक्तियों पर भी परिचर्चा होगी साथ ही विश्वविद्यालयों के सामाजिक दायित्वों से संबंधित क्रियाकलापों पर विचार विमर्श होगा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकने किसानों की सहभागिता पर्यावरण संरक्षण के उपक्रम औरगांवों को गोद लिए जाने वाले कार्य क्रमों की समीक्षा की जाएगी

यहां हुई बैठक में प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने जिला प्रशासन के इस निर्णय को सराहनीय बताते हुए कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यह बस सेवा नियमित रूप से चालू रहे इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आलोक जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार इसका एक रूट चार्ट बनाया गया है

वहीं प्रभारी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि अगर यह सेवा सफल रही तो वाहनों की संख्या बढ़ायी जायेगी स्लग मेट्रो दून मेट्रो रेल परियोजना पर राज्य सरकार पुनर्विचार कर रही है रविवार को देहरादून में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दून की सड़के मेट्रो परियोजना के लिहाज से उपयुक्त नहीं हैं इसलिए यहां मेट्रो प्रोजेक्ट पर पुर्नविचार की जरूरत है

मेट्रो परियोजना के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ करार किया गया था डीपीआर के लिए आठ करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई उस समय सरकार की योजना थी कि पहले फेज में आईएसबीटी से राजपुर और एफआरआई से रायपुर के दो ट्रैकों पर मेट्रो चलाई जाएगी दूसरे फेज में हरिद्वार से ऋषिकेश और आईएसबीटी से नेपाली फार्म तक मेट्रो चलाने की बात हई